आज दूसरे दिन वे जयपुर में विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे है इससे पहले कल उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से रूबरू होकर चनाव से जड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की उन्होंने एसएमएस कनवेंशन सेंटर से जयपुर के शहरी विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम वीवीपैट मशीनों के प्रचार प्रसार के लिए दो स्वीप रथों को रवाना किया

चुनाव आयोग के दल ने कल ही प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार प्रसार सामग्री का विमोचन भी किया

इसके बाद उन्होंने न्यू कॉटेज परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की बाद में श्री शाह नागौर पहुंचे नागौर में वे आज जिला स्टेडियम में नागौर और अजमेर जिले के शक्ति केन्द्र संयोजकों मंडल अध्यक्षों विघायकों और सांसदों को संबोधित करेंगे इसके बाद वे सीघे उदयपुर जायेंगे जहां कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित होने वाले शक्ति केन्द्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है

ये कार्य सीधे जयपुर से कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाईन बटन दबाकर किया जाएगा

रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने आज भी हडताल जारी रखने का फैसला किया है लोफ्लोर बसों के संचालकों ने हडताल का समर्थन किया है हड़ताल के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड रहा है

अस्पताल के अधीक्षक डॉ अनिल जैन ने बताया कि इसके तहत चिकित्सालय के सभी वार्डो और गलियारो में पाइप लाइन डालने के बाद उन्हें एक केंद्रीय यंत्र से जोडा जाएगा

सांसद दुष्यन्त सिंह ने कल राज्य सरकार की जलधारा परियोजना के तहत अस्पताल परिसर में स्थापित जल परिशोधन संयंत्र और ऑटो वेंडिंग काउंटर का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था हीरा कवर महिला अस्पताल और खानपुर भवानीमंडी सुनेल तथा अकलेरा के सामुदायिक अस्पतालों में भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे

उनके पास से तीन तमंचे और कुछ कारतूस बरामद किये गये

ये पोस्त प्याज की बोरियों के नीचे छुपाकर ले जाया जा रहा था

मामले की सुनवाई जल्द शुरू होगी